श्री मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी धर्म विशेष के लोगों से सम्बधित नहीं है भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को इस कानून के बारे जानकारी देने के लिए बड़े स्तर पर लोकसम्पर्क कार्यक्रम का ऐलान किया हरियाणा के उपम्ख्यमंत्री द्वष्यंत चौटाला ने नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करते हुये कहा कि इस कानून से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनी जायेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश वासियों से अपील की है कि वे किसी पार्टी के बहकावे आकर हिंसा न फैलायें तथा न ही देश की सम्पति का न्कसान पहंचाये आज नई दिल्ली में भाजपा धन्यावाद रैली को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने स्पष्ट कियाकि नागरिकता संशोधन कानून तथा एनआरसी का किसी भी धर्म विशेष के लोगों से कोई सम्बध नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम का सम्बध पड़ोसी देशों से भारत मे आये उन अल्संख्यकों से है जिन्हे भारत की नागरिकता देना है श्री मोदी ने विरोधी दलों पर आरोप लगाया है कि वे अल्संख्यक सम्दाय को ग्मराह कर रहे है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों को विकसित किया जाना यहां के चालीस लाख से अधिक निवासियों के जीवन में आशा की नई किरण है नई दिल्ली में धन्यवाद रैली को सम्बोधित करते हये श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में दिल्ली के लोगों में इस मुद्दे को लेकर आशंका बनी ह्ई थी जिसे अब दूर दिया गया है उन्होंने विपक्षी दलों पर ये आरोप लगाया कि कि वे पहले अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के मुद्दे पर केवल बाते ही करते रहे वरिष्ठ भाजपा नेता और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष के शासन वाले राज्यों की आलोचना करते हये कहा कि वे केन्द्र सरकार के योजना आय्ष्मान भारत को लागू नहीं करे रहे है रामलीला मैदान पर इस रैली में भाजपा नेता व केन्द्रीय मंत्री डा हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर झूठे वायदे करने का आरोप लगाया उन्होंने लगाया कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली का माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे है इस रैली का आयोजन दिल्ली में एक हजार सात सौ से अधिक अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए किया गया भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देने तथा विरोधी पार्टियों के झूठे प्रचार को बेनकाब करने के लिए आम लोगों से सम्पर्क करने का ऐलान किया है भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि पार्टी अगले दस दिनों में लगभग तीन करोड़ परिवारों से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में जानकारी देने हेत् सम्पर्क करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा इस नये कान्न के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक जिले व अढाई सौ से अधिक पत्रकार वार्ताओं का आयोजन करेगी उन्होंने विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस पर इस कानून के द्ष्प्रचार का आरोप लगाया

बयान के हस्ताक्षर कर्ताओं में राज्यसभा सदस्य स्वपन दास ग्प्ता आई आई एम शिलोंग के अध्यक्ष शिशिर बजोरिया नालंदा विश्वविद्यालय की अपन कुलपति सुनैना सिंह जेएनयू के प्रोफेसर अन्ल हसन व पत्रकार कंचन गुप्ता शामिल है इस बयान में हस्ताक्षर कर्ताओं ने समाज के प्रत्येक वर्ग से आग्रह किया है कि संयम बरते और किसी भी साम्प्रदायिकता व आरजकतावाद के झांसे में आने से ख्द को बचायें केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नागिरकता संशोधन अधिनियम म्सलमानों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है आज नागप्र में एक रैली को सम्बोधित करते हये ये स्पष्ट किया कि इस निर्णय से अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है

उप म्ख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भिवानी पहंचे द्वष्यंत चौटाला ने सीएए का समर्थन किया और कहा कि इससे हिंद्रस्तान के किसी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छिनी जायेगी केवल कृछ लोग देश की व्यवस्था बिगाडऩे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं

मीडिया से रूबरू हए द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाया हआ है हरियाणा के पर्व शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने भिवानी के विश्राम गृह में पत्रकार के दौरान कहा कि कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो लोग भ्रम फैला रहे है वे केवल राजनीतिक स्वार्थ के चलते ऐसा कर रहे है उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे वे सी सी ए को ध्यान से समझे और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया करें और किसी भी प्रकार के भ्रम फैलाने वालों से सचेत रहें

बदमाश इतने शातिर थे कि वारदात के बाद एटीएम ब्रथ में लगे सीसीटीवी कैमरे व डीवीआर भी अपने साथ ले गए भिवानी जिले के अइतालीसवे स्थाना दिवस पर भिवानी के पंचायत भवन में विभिन्न विभागों दवारा प्रदर्शनी लगाई गई

इस फैस्टीवल मे प्रातन इतिहास से ज्ड़ी कलाओं और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिल रही है

उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड़ू एक समारोह में ये प्रस्कार देंगे ग्जराती फिल्म हिलेरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का प्रस्कार दिया जायेगा